कोविड महामारी के खिलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास आज ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना के निकट बर्फीली चट्टान खिसकने से धौलीगंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा है और इससे आसपास के इलाके में बाढ़ आने की खबर है बाढ़ से नदी के किनारे बने मकानों को नुकसान पहुंचा है परियोजना में काम कर रहे कई मजदूरों के लापता होने की भी खबर है तपोवन पनबिजली परियोजना का बांध टूटकर बाढ़ के पानी में बह गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य आपदा राहत बल के जवान प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है इस बीच ग्लेशियर से बनी झील के टूटने के तुरंत बाद इस क्षेत्र की कुछ नदियों में अचानक बाढ़ आ गई है धौली गंगा नदी में तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास कुछ मकान बाढ़ की चपेट में आ गये हैं हालांकि इस आपदा का असर ऋषिकेश और हरिद्वार शहर पर पड़ने की संभावना नहीं है लेकिन दोनों स्थानों पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड की स्थिति की समीक्षा की और राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं गृह मंत्रालय भी उत्तराखंड में आई आपदा पर लगातार नजर रखे हुए है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत कार्य में लगी हुई है उन्होंने आईटीबीटी और आरडीआरएफ के महानिदेशक से बातचीत भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड मे हुई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और न ही अफवाह फैलाएं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस त्रासदी से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है उन्होंने प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों का लगातार निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ और पीएसी के फ्लड बटालियन के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है गंगा नदी के किनारे स्थित जनपदों में निरंतर निगरानो की जा रही है जलस्तर बढ़ने की दिशा में आवश्यकता पड़ने पर गंगा के किनारे बसे लोगों को वहां से अन्यंत्र भेजने और राहत और बचाव के निर्देश दिये गये हैं

घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई फिर हम लोगों ने अपने यहां जलशक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नजर रख रहा है उत्तराखंड में रिथति इस समय जलस्तर अलकनंदा का सामान्य तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रामजन्म भूमि परिसर पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की उन्होंने रामकथा संग्रहलय में मौजूद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में विगत वर्षो की तुलना में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है

बाइट प्रधानमंत्री जी के द्वारा अध्योध्या में श्रीराम जन्मभूमि और मंदिर शिलान्यास के साथ अगर हम देखेंगे तो विगत वर्षो की तुलना में अयोध्या में काफी पर्यटन और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है ये इस बात को दिखाता है कि फ्यूचर में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं ये अपार संभावनाएं रोजगार की भी अनेक संभावनाओं को ले करके यहां पर आई हुई और उन व्यापक संभावनाओं को लेकरके अयोध्या में एक नये रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था जो लोग अयोध्या नहीं आना चाहते बाहर बाहर से निकलना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए हम उस प्रकार की सुविधा देने एनएचएआई के साथ मिलकर उस प्रकार की व्यवस्था देने जा रहे हैं हर एक ओर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था यहां पर देने की व्यवस्था सड़कों के चौड़ीकरण की व्यवस्था ये सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है और मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत शीघ इन योजनाओं के माध्यम से एक नई अयोध्या जो प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या होगी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

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज हुनर हाट के समापन अवसर पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हुनर हॉट मं जहां एक ही स्थान पर देश के हर क्षेत्र के स्वदेशी हस्त निर्मित दुर्लभ उत्पाद उपलब्ध थे वहीं दूसरी ओर यहां आने वाले लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक लजीज पकवानों का लुत्फ भी उठाया

इस हुनर हॉट में ऍप्लिक बाटिक बनारसी साड़ी ब्लैक पॉटरी बेंत बांस के उत्पाद कांथा एम्ब्रोइडरी ब्रास पीतल के उत्पाद किस्टल ग्लास लकड़ी बेंत के फर्नीचर आदि की स्वदेशी हस्तनिर्मित शानदार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी श्री नकवी ने बताया कि लखनऊ का हुनर हॉट ई प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है जहां से लोग स्वदेशी सामानों की खरीददारी कर रहे हैं उन्होंने बताया कि पिछले छह सालों से देश भर में विभिन्न स्थानों पर हनर हॉट का आयोजन किया जा रहा है इसके माध्यम से पांच लाख से अधिक शिल्पकारों कारीगरों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए है

देश कोविड वैक्सीन विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है आकाशवाणो के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कल लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफसर डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि भारत ने बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन बना ली उन्होंने कहा बाइट दस ग्यारह महीने के अंदर एक नहीं दो दो वह भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में और दूसरी बात कि बहुत देश है करीब सौ देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन नाम से जाना जाएगा